सरकार ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं आज एक ट्वीट कर उन्होंने कहा कि कृपया करके अपने आप को बचाएं अपने परिवार को बचाएं निर्देशों का गंभीरता से पालन करें उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे नियमों और कानूनों का पालन करवाएं इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लोगों से लॉकडाउन के संकल्प को धैर्य से निभाने को कहा है

कल भीलवाडा झुंझुनूं और जोधपुर में एक एक मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई थी कोरोना संकमण को देखते हुए सवाई मानसिंह अस्पताल के चरक भवन को कोरोना ओपीडी तथा केयर यूनिट बनाने का अहम फैसला लिया गया है

कोरोना संकट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कमजोर वर्गो और उद्योगों को राहत दिये जाने का अनुरोध किया है

श्री गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए पर्यटन होटल और अन्य एमएसएमई इकाइयों को जीएसटी के भुगतान में छूट दे या इसे स्थगित करने पर विचार करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना संकमण की चुनौती का सामना करने के लिए नागरिक और प्रशासन के साथ साथ सेना बीएसएफ अर्द्वसैनिक बल और अन्य केन्द्रीय एजेन्सियों का समन्वय भी आवश्यक है श्री गहलोत कल मुख्यमंत्री निवास पर सेना अर्द्वसैनिक बलों आकाशवाणी दूरदर्शन और केन्द्रीय एजेन्सियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना संकमण की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सहयोग के वास्ते चर्चा कर रहे थे

इसमें मुख्यमंत्री ने दानदाताओं से बढचढकर दान करने की अपील की है समी जिला कलेक्टरों को अनटाइड फण्ड भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है प्रदेश में विधायक क्षेत्रीय विकास कोष के जरिये अब विधायक आमजन और जरूरतमंद के लिए मास्क और सैनेटाइजर्स खरीद सकेंगे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ये विशेष अनुमति दी गई है

इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आह्वान पर कल राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने कोरोना महामारी से निपटने तथा जरूरतमंद वर्गों की मदद के लिए एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा की कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से हेल्प लाइन नम्बर जारी किए गए है

प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर मौसम में अचानक बदलाव आया है जयपुर में सुबह से बादल छाये हुए है कहीं कहीं ब्रंदाबांदी भी हुई है